मुख्यमंत्री ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह करते हए कहा कि ये ऐप कोरोना वायरस की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों को बिना किसी बाधा के बाजारों तक पहुचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र में किसी को भी भोजन की कमी न हो और अन्य राज्यों से आए मजदूरों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दे दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की ई लर्निंग के लिए हिमाचल द्रदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जयराम प्रदेश सरकार कच्चे माल व तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित बनाने और औद्योगिक इकाईयों के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहायता कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर ज़िले के कालाअंब क्षेत्र के स्टील उद्योगपतियों के साथ आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है उन्होंने राज्यों से विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करने को भी कहा निशंक ने यह भी कहा कि एनसीईआरटी ने वैकल्पिक शैक्षणिक कलेंडर भी जारी किया है जिसे राज्य अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने की स्थिति में सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार करने होंगे

अग्निकांड शिमला ज़िले में रोहडू क्षेत्र की चिड़गांव तहसील में एक बार फिर अग्निकांड का मामला सामने आया है

इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि आग की चपेट में आए दो लोग अस्पताल में उपचाराधीन है आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है किन्नौर सुरक्षा किन्नौर जिले में कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के अन्य भागों व बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि टैलीमैडिसन सुविधा केवल उन्हीं मरीजों के लिए है जो पहले से ही चंडीगढ़ पीजीआई से अपना ईलाज करवा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए मरीजों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा खुलने के बाद लाहौल घाटी में प्रवेश करने वालो पर चौकसी बढ़ा दी गई है कोकसर पुलिस चैक पोस्ट में परमिट दिखाने और मैडिकल जांच के बाद ही लोगों को घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है

धर्माणी ने कहा कि दारचा चौकी को सुदृढ़ किया गया है और घाटी में अनाधिकृत रूप से आए एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है